मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा वरिष्ठ नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए उठाए गए हैं विशेष कदम पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात व अन्य ज़िलों में वर्षा का कम रूक रूक कर जारी जनजातीय क्षेत्रों में हिमपात से लोगों की मुश्किलें बढीं भाजपा बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनैतिक सरगर्मियां तेज़ होने लगी हैं राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज शिमला में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतपात सत्ती ने कहा कि चुनाव में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रहती है और लोकसभा चुनाव में भाजपा ब्रथ प्रबंधन पर सबसे अधिक ध्यान केन्द्रित करेगी क्योंकि यही पार्टी की सबसे मज़बूत कड़ी है बैठक में चुनाव के दौरान मोर्चों के सम्मेलन रैलियों ज़िला परिषद व वार्ड स्तर पर होने वाली जनसभाओं की रूपरेखा तैयार की गई

इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपस्थित नेतृत्व को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी और केन्द्र में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त व प्रवीण शर्मा सहित महामंत्री चंद्र मोहन ठाक्र भी मौजूद रहे

दून विधानसभा क्षेत्र की चंडी पंचायत व पंजेरा में पार्टी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल गुरकीरत सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर व सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने जनसभाओं को संबोधित किया इस दौरान इन सभी नेताओं ने केन्द्र व प्रदेश सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने दावा किया कि पार्टी प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी और केन्द्र में इस बार यूपीए की सरकार बनेगी शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत जन चेतना यात्रा का दूसरा चरण सिरमौर जबकि तीसरा चरण शिमला में पूरा होगा

जिन दो शेष जवानों के शव आज खोज दल ने बरामद किए हैं उनमें विदेश ठाकुर और अर्जुन शामिल है जिला उपायुक्त गोपालचंद ने बताया कि विदेश ठाकुर कुल्लू जिला के निरमंड के रहने वाले थे जबकि अर्जुन जम्मू कश्मीर निवासी थे उन्होंने कहा कि दोनों जवानों के पार्थिव शरीर को घटनास्थल से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूह लाया गया जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया दोनों जवानों के पार्थिव शरीर को कल सेना के हैलीकॉप्टर से उनके पैतक गांव भेजा जाएगा

प्रदर्शन सरकार के आदेशों के बावजूद सोलन के कुछ निजी विद्यालयों में स्कूल प्रशासन द्वारा मनमाने ढंग से वसुले जा रहे शुल्क के विरूद्व अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है सोलन में एक निजी स्कूल के अभिभावक संघ के प्रधान तेजिन्द्र सिंह ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि संबंधित स्कूल द्वारा वार्षिक शुल्क में वृद्धि कर अभिभावकों को लूटा जा रहा है उन्होंने सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों में शिक्षा के व्यापारिकरण पर नकेल कसी जाए

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को मतदान के दौरान प्राथमिकता देते हुए आवश्यकता पड़ने पर व्हील चेयर सहित स्वयं सेवकों की सुविधा भी प्रदान की जाएगी देवेश कुमार ने कहा कि मौजूदा तंत्र जैसे पैंशन योजना के माध्यम से ज़िला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाए जाएंगे उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को स्वतंत्री भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी की तरह रोल मॉडल बनाकर अन्य मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कुल्लू उपायुक्त कुल्लू जिला के निर्वाचन अधिकारी यूनुस ने लोकसभा चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती कर दी है कुल्लू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व का निर्वहन करने के भी आदेश जारी किए गए हैं यूनुस ने कहा कि प्रशासन द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत वोटरों को जागरूक किया जा रहा है और इसके अतिरिक्त डोर टू डोर अभियान भी जल्द शुरू किया जाएगा

कश्यप ने कहा कि अपना वोट बनवाने के लिए पात्र नागरिक अपने साथ पासपोर्ट आकार की एक रंगीन फोटो तथा अपने आवास का प्रमाणपत्र साथ में अवश्य लाएं मौसम राज्य के अधिक उंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हो रही बर्फबारी से पूरा राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में है लाहौल स्पीति सहित कुल्लू व चंबा जिलों की उंची चोटियों पर रूक रूक हिमपात जारी है जबकि अधिकतर जिलों में वर्षा हो रही है

मौसम की इस बेरूखी से अवरूद्व सड़कों को खोलने का कार्य प्रभावित हो रहा है स्थानीय लोगों ने कहा कि बर्फबारी के चलते उन्हें कई दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है और हैलीकाप्टर उड़ानें न होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं

पहली उड़ान भुंतर तांदी डाईट भुंतर दूसरी भुंतर स्टींगरी भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर रावा भुंतर के बीच होगी इसी तरह चौथी उड़ान भुंतर जिस्पा भुंतर के बीच भरी जाएगी जनजातीय विकास विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी उपायुक्त संदीप कांगड़ा के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि जमा ऋण अनुपात में सुधार के लिए बैंकर्ज़ को कारगर कदम उठाना बेहद ज़रूरी है धर्मशाला में आज अग्रणी बैंक पीएनबी द्वारा आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में उन्होंने आम लोगों को बैंकिंग प्रणाली की जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर लगाए जाने पर बल दिया उपायुक्त ने बैंक अधिकारियों का निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश भी दिए पांगी मांग चंबा जिले की पांगी सुरंग संघर्ष समिति ने केन्द्र व राज्य सरकार से घाटी में जल्द सुरंग निर्माण की मांग की है समिति के संयोजक हरीश शर्मा ने कहा है कि यदि इस संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार उचित कदम नहीं उठाती है तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा उन्होंने कहा कि घाटी में फिंडपार निंदल व कुलाल के लोगों को सुरंग के न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है